केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज अपना तीसरा बजट पेश करते हये कहा कि अर्थव्यवस्था में मंदी है और सरकार खराब अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि नये बजट से महिलायें सशक्त होंगी और युवाओं को अब ज्यादा रोज़गार मिलेंगे

उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में वेलनेस केन्द्रों को मज़बूत किया जायेगा

सरकार ने कृषि मंडीकरण में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए ई नैम के साथ एक हजार मंडियां जोड़ने का फैसला किया है

यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी

देश में आगामी तीन वर्षो में सात नये कपड़ा पार्क बनाये जायेंगे

उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग भी कायम किया जायेगा स्टार्टअप के लिए कर की छूट और एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह बजट उद्योग निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लायेगा इस बजट को एतिहासिक बताते हये श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की अक्स देखा जा सकता है उन्होंने कहा कि यह बजट स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संभाल पर केन्द्रित है जो सबकी मदद करेगा प्रधानमंत्री कहा कि यह बजट युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा ने करेगा उन्होंने कहा कि बहत से बदलाव किये गये है जो देश मे विकास और रोज़गार पैदा करने मे मदद करेंगे श्री मोदी ने कहा कि इसमे महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के लिए नये अवसर य्वाओं के लिए नये काम मानवीय संसाधनों के विकास और नये स्धार लाने के लिए अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट उन क्षेत्रों पर केन्द्रित है जो पूंजी और स्वास्थ्य संभल से सम्बधित है

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यह बजट समाज के सभी वर्गो की आकाशाओं पर खरा उतरता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने केनद्रीय बजट का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि यह बजट विकास एवं अर्थव्यवस्था के प्नरूत्थान पर केन्द्रित है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की सराहना है

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल ने केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हये कि यह बजट ग्रामीणों और किसानों के लिए लाभकारी सिदध होगा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय दोग्णी करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए कार्य कर रहे है केबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में देश के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है हरियाणा में केन्द्रीय बजट की हर वर्ग ने सराहना की पंकचूला से चार्टर्ड अकाउटेंट ए के सूद ने बजट में सूक्षम लघ् और मध्यम इकाइयों व संस्थागत ांचे के सुधर के लिए किये गये प्रावधानों की प्रशंसा की

वंही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने बजट पर टिप्पणी करते हये कहा कि आयकर की सीमा में कोई वृद्धि नहीं हई है